निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन विभाग की ओर से सुरक्षा के सभी पुख्ता इंतजाम किये गये हैं

इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी किये हैं ऐसे मतदाताओं के लिए उंगली पर अमिट स्याही लगाने और मतदाता रजिस्टर में हस्ताक्षर या अंगूठा लगाने की अनिवार्यता नहीं है

राज्य में आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर समाज द्वारा प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है करौली और दौसा जिलों में रोडवेज बस सेवा आगामी आदेश तक बन्द कर दी गई है उधर भरतपुर सहित आठ जिलों में रासुका लगा दी गई है

आंदोलन को देखते हुए आरपीएफ आरएसी और जीआरपी की ट्कड़ियां बयाना क्षेत्र में तैनात कर दी गई हैं सीआरपीएफ की टुकड़ी भी भरतपुर भिजवाई गई हैं गुर्जर बाहुल्य क्षेत्रों में पुलिस जाब्ता तैनात है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भरतपुर जिला कलेक्टर ने न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिये गए हैं भरतपुर और करौली जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी आगामी आदेश तक बंद हैं एहतियात के तौर पर जयपुर की भी कुछ तहसीलों में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं इससे पहले कल जयपुर में गुर्जर समाज के एक गुट के साथ राज्य सरकार की मंत्रिमंडलीय उपसमिति की सकारात्मक वार्ता हई जिसमें चौदह बिन्द्ओं पर सहमति बनी समझौते में शामिल गुर्जर प्रतिनिधि अपने समाज से आंदोलन टालने के लिए समझाइश करेंगे

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में कोरोना से नौ लोगों की मृत्यु हुई है

बीकानेर में रविन्द्र मंच पर एक निजी समारोह में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर आयोजकों पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को भारतीय सेना से सम्बन्धित गोपनीय सूचना भेजने के मामले में सेना के एक ड्राइवर के खिलाफ सीआईडी की विशेष शाखा जयपुर के पुलिस स्टेशन में शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है इंटेलीजेंस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक उमेश मिश्रा ने बताया कि पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी द्वारा छदम नाम से संचालित सोशल मीडिया पर एक युवती से चैट के जरिये सम्पर्क में रहते हुए संदिग्ध उक्त व्यक्ति ने सामरिक महत्व की सूचनाए साझा की हैं ये व्यक्ति नागौर निवासी है इससे कई एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं